के किसानों ने दिखाया दमखम किसानों से आत्मनिर्भर भारत की नींव होगी मजबूत

आज आईपीएल किकेट में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा

आज हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर बापु के विचारों पर रिपोर्ट प्रसारित कर रहे हैं महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आजादी चाहने वाले देशों के लिए एक उदाहरण बने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देश विदेश के लोगों के साथ साझा किये उन्होंने कहा कि कोरोना के इस कालखंड में पुरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है आज जब दो गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गयी है तो इसी संकट काल ने परिवार के सदस्यों को आपस में जोड़ने और करीब लाने का काम भी किया है

श्री मोदी ने कहा कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े बड़े तूफानों में भी उनता ही अडिग रहता है

आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है दो अक्टूबर हम सबके लिए पयित्र और प्रेरक दिवस होता है यह दिन मां भारती के दो सप्तों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है प्रधानमंत्री ने कहा कि पृज्य बाप के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है उन्होंने कहा कि पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस कालखंड में एक बार फिर आपको याद कराउंगा कि मास्क अवश्य रखें और फेस कवर के बिना बाहर न जाएं दो गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है और आपके परिवार को भी

इस मूल्य में जीएसटी शामिल नहीं है

मूल्य की अधिकतम सीमा न होने के कारण निर्माताओं ने सिलेंडर भरवाने वालों के लिए दाम बढ़ा दिए थे

प्राधिकरण ने कहा है कि देशभर में मेडिकल ऑक्सीजन निरंतर उपलब्ध कराने के लिए मुल्य नियंत्रण करना अनिवार्य है

ये दरें छह महीने के लिए लाग होंगी उपभोक्ताओं के हित में फिलहाल ऑक्सीजन खरीद के लिए लागू कीमत अनुबंध राज्य सरकारों के लिए जारी रहेंगे पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह का नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है

तभी से वे कोमा में थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने शोक संदेश में कहा है कि जसवंत सिंहने पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति से जुडकर राष्ट्र की सेवा की श्री मोदी ने कहा कि अटल जी की सरकार में जसवंत सिंह ने वित्त मंत्री रक्षामंत्री और विदेशमंत्री के रूप में अलग छाप छोडी प्रधानमंत्री ने उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह से बात की और संवेदना व्यक्त की सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सामान्य मोटर वाहन नियमावली में संशोधन की अधिसुचना जारी कर दी है सुचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से वाहनों के कागजात के रखरखाव की व्यवस्था लाग करने के लिए यह संशोधन किए गए हैं अधिसूचना इस वर्ष पहली अक्टूबर से प्रभावी होगी मंत्रालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के इस्तेमाल और ई निगरानी से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा इससे वाहन चालकों की परेशानी दूर होगी और नागरिकों के लिए सडक परिवहन सुगम होगा यह व्यवस्था की गई है कि यदि इलेक्ट्रानिक माध्यम से कागजात का विवरण वैध पाया गया तो निरीक्षण के लिए ऐसे दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा कराने की मांग नहीं की जाएगी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

ये समूह इन राज्यों में विभिन्न वस्तुओं के व्यापार वनस्पति घी उत्पादन रियल एस्टेट और टी एस्टेट से संबंधित गतिविधियों में लगे थे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा है कि तलाशी के दौरान बिना हिसाब के लेन देन नकदी खर्च करने अग्रिम पैसा प्राप्त करने और ब्याज के नकद भुगतान के पुख्ता सबूत भी मिले हैं प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब चालीस करोड़ रुपए की नकद लेन देन के सबूत मिले हैं

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़डा की टीम में झारखंड के तीन नेताओं को जगह मिली है पूर्व मुख्यमंत्री रघवर दास और सांसद अन्नपूर्णा देवी को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनित किया गया है वहीं रोज्य सभा सांसद समीर उराव को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान साँपी गयी है इससे पहले भी रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं कल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरूण सिंह की ओर से नई कार्यकारिणी की सूची जारी की गयी चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दो दिवसीय जनता दरबार लगाया जनता दरबार में बडी संख्या में ग्रामीण अपनी फरियाद लेकर पहंचे तथा मंत्री के समक्ष उपस्थित होकर विभिन्न अपनी समस्याओं को रखा जनता दरबार कार्यक्रम में ग्रामीणों से जुड़ी अधिकतर समस्याएं राशनकार्ड प्रधानमंत्री आवास पेंशन विधवा पेंशन आदि से संबंधित थीं इस कार्यक्रम में मंत्री के साथ कई अधिकारी भी मौजुद थे गोड़डा जिले में पिछले छह दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है ठाक्रगंगटी और मेहरामा में कई जगह बाढ़ के हालात हो गये हैं मौसम विभाग के अनुसार गोड़डा जिले में सामान्य से अधिक वर्षा रिकार्ड की गयी है जिले के दो सौ बारह प्रभावित परिवारों के बीच प्रशासन की ओर से राहत सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी है

अफीम खूंटी जिले से मंगाया गया था

आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है इसका विषय है पर्यटन और ग्रामीण विकास

आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से होगा अब्धाबी में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हरा दिया